भारतीय कृषि इतिहास में इसे क्रांतिकारी क्षण बताया कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रक्रिया रहेगी जारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने का किया स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों से संबंधित दो विधेयकों के संसद में पारित होने पर कहा कि यह भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण है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 श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी और उनकी समुद्धि सुनिश्चित होगी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 सरकारी खरीद जारी रहेगी श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को आध्निकतम तकनीक की तत्काल जरूरत है क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी अब इन विधेयकों के पारित होने से किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी इससे न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे यह एक स्वागत योग्य कदम है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद द्वारा पारित दोनों विधेयक किसान और कृषि जगत के लिए क्रांतिकारी हैं उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज विपणन समिति मंडी खत्म नहीं हो रही है यह दोनों विधेयक किसान और कृषि जगत दोनों के लिए ये ऐतिहासिक है इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी पीएमसी समाप्त कर दी जाएगी हकीकत यह है कि दोनों बिल प्रमावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है जहां पर भी उसे अच्छी कीमत मिले केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा पूरा करने की दिशा में मोदी सरकार को अभी और भी काम करने हैं ये दोनों विधेयक इसी दिशा में कदम हैं संसद ने कृषि से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है राज्यसभा ने कल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सरलीकरण विघेयक दो हजार बीस और कृषक सशक्तीकरण तथा संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार संबंधी दो हजार बीस के विधेयक को विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच मंजूरी दी सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षो में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की गई है इसके अलावा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष भी बनाया गया है श्री तोमर ने विधेयकों को किसानों के लिए ऐतिहासिक बताया ये दोनों बिल ऐतिहासिक है और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कृषि विधेयकों से किसानों को अपनी उपज ऊंचे मूल्यों पर कहीं भी बेचने का मौका मिलेगा और कृषि उपज विपणन समिति की मंडी में उपज बेचने की बाध्यता समाप्त होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संसद में पारित कृषि सुधार के दो महत्वपूर्ण विधेयकों का स्वागत किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने के साथ साथ किसानों के हितों का संरक्षण भी सुनिश्चित करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को कानूनी बंधनों से मुक्ति मिलेगी

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी

लॉकडाउन के चलते स्थानान्तरण की प्रक्रिया रोक दी गई थी पारदर्शी ढंग से संचालित की गयी इस स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षिकाओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज बताया कि इस स्थानान्तरण प्रक्रिया में अट्ठाईस हजार तीन सौ छः महिला शिक्षक तथा पच्चीस हजार आठ सौ चौदह पुरूष शिक्षक लाभान्वित हुए हैं इनके अलावा दिव्यांगजन श्रेणी के दो हजार दो सौ पचासी स्थानान्तरण संबंधी आवेदन पत्रों को स्वीकार करते हुए उन्हें स्थानान्तरित किया गया है तथा गंभीर और असाध्य बीमारी से ग्रसित दो हजार एक सौ छियासी लोगों को स्थानान्तरण का लाभ दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता बचाव और जागरूकता बेहद जरूरी है

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर की कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा इससे बचाव और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने सभी जनपदों में इनकी सेवाओं को और बेहतर बनाते हुए संचालित करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों में दवाई और ऑक्सीजन की उपलब्यता सुनिश्चित करने और आईसीयू में बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर नगर प्रयागराज और गोरखपुर जिले में कोरोना के मद्देनजर विशेष ध्यान देने की जरूरत है

प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के पांच हजार आठ सौ नौ नये मामले सामने आये हैं राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना के पैंसठ हजार नौ सौ चौवन सक्रिय मामले हैं इसमें से चौंतीस हजार एक सौ उन्नीस लोग होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना मरीजों की रिकबरी दर उन्यासी प्रतिशत से अधिक है अब तक क्ल दो लाख तिरासी हजार से अधिक लोग इलाज के बाद स्वथ्य हो चुके हैं वहीं देश में संक्रमण के क्ल मामलों की संख्या चौवन लाख से अधिक हो गई है इस समय भारत में कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर एक दशलमव छह एक प्रतिशत है जो द्निया में सबसे कम है पिछले छत्तीस घंटों में महामारी से एक हजार एक सौ तैंतीस मौत भी हुई हैं जिससे देशभर में मृतकों की संख्या छियासी हजार सात सौ बावन हो गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पी के मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु ग्णवत्ता में सुधार के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल की बैठक में यह निर्देश दिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चालू वर्ष में फसल कटाई और सर्दी शुरू होने से पहले किसानों को नई मशीनें उपलब्ध करा दी जायें कृषि मंत्रालय को इस संबंध में समी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया